अध्यादेश के तहत खाताधारकों के हितों की रक्षा और सहकारी बैंकों के प्रशासन में सुधार से उन्हें मजबूत करने के प्रावधान किये गए हैं इसके साथ ही सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शक्तियों का भी विस्तार किया गया है ये संशोधन प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं या उन सहकारी संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिनका मुख्य उद्देश्य और प्रमुख कारोबार कृषि विकास के लिए लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध कराना है

शहडोल जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना का एक नया प्रकरण सामने आया है जिससे वहां एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर सात हो गई है यह यूवक पिछले दिनों दिल्ली से शहडोल लौटा था

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा बंकिमचंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के रचयिता और विख्यात लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी की आज जयंती है इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्र गीत में उन्होंने भारत को मातृ देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया जो स्वतंत्रता प्राप्ति का मंत्र बन गया

टीकमगढ़ जिले में किसान अब कृषि संबंधित जानकारी अपने मोबाइल से ले सकेंगे